चुनाव प्रचार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में प्रदेश की टीकमगढ़ दमोह संतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतूल सीटों पर छह मई को मतदान होगा आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रीवा में जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा उन्होंने कहा कि हमारी न्याय योजना न केवल आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करेगी बल्कि छोटे व्यापारियों के लिए भी मददगार होगी श्री गांधी ने कहा कि इस योजना से अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लौटेगी

श्री गांधी ने देश के चुनिन्दा लोगों को बड़े कर्ज देने के लिए केन्द्र सरकार की आलोचना की भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि देश में गरीबी कांग्रेस की देन है आज बैतूल के मुलताई और आठनेर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कृषि और गांव में विकास के लिए कोई गंभीर नीति नहीं बनाई गई जिसके कारण गेहूं सस्ता है परंतु बिस्कुट महंगा है

उधर बसपा सुप्रीमो मायावती कल मुरैना में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करेगीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया कल मुरैना जिले के अंबाह जौरा और बामनौर चुनावी सभाये करेंगे वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती कल मुरैना के डोंगरपुर लोधा में भाजपा प्रत्याशी नरेद्र सिंह तोमर के समर्थन में चुनावी सभा करने के साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात करेंगी विज्ञापन प्रमाणीकरण भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी स्वयं के सोशल मीडिया अकाउण्ट से कोई राजनैतिक पोस्ट करता है तो वह राजनैतिक विज्ञापन की श्रेणी में नहीं मानी जायेगी और उसका पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं होगा लेकिन ई पेपर में जारी किये जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण निर्धारित समिति से कराना अनिवार्य होगा वहीं आयोग के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि अभ्यर्थियों के मतदान और मतगणना एजेण्ट नहीं बन सकेंगे मतदाता जागरूकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी के तहत रायसेन जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा घर घर दस्तक देकर लोगों को मतदान का महत्व बताया जा रहा है खण्डवा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढपाले ने निमाड़ी बोली में लोगों से मतदान करने की अपील की प्रदेश के देवास जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मतदाता जागरुकता के लिए आज से दो दिवसीय वालीबाल और बास्केटबाल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां मतदाता जागरुकता अभियान के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया जिले में कल से आठ मई तक ग्रामस्तर पर सेल्फी विद बूथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आगर मालवा जिले में लोगों को मताधिकार का महत्व समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के साथ ही कई स्थानों पर सेल्फी पाइण्ट बनाय गये हैं

सुको ईवीएम उच्चतम न्यायालय इस वर्ष आम चुनावों में ईवीएम से हुए मतदान में वीवीपैट पर्चियों के औचक मिलान के मामले में अपने आदेश की समीक्षा अगले सप्ताह करेगा

गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से आठ अप्रैल के उस आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है जिसमें न्यायालय ने प्रत्येक विधान सभा से एक के बजाय पांच मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों में पड़े मतों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से कराने का निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था

फोनी तूफान भीषण चक्रवाती तूफान फोनी के उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद अगले नौ घंटों में भीषण तूफान का रुप लेने की आशंका है

तटवर्ती क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है

हमारे सतना संवाददाता ने बताया है कि यहां तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि प्रदेश पर फोनी का कोई असर नहीं है